राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने लोकपाल संस्थार के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की है लोकपाल संस्था में चार न्यानयिक और चार अन्य सदस्य होंगे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बेटी अभिलाषा सिंह को पहले लोकपाल की न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है वे गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुकी हैं जयराम मुख्यमंत्री जय राम ठाक्र ने कहा है कि भाजपा का लक्ष्य हिमाचल में चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर दोबारा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है वे कल मंडी के नगवाई में वनमंत्री गोविंद ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह सहित कई भाजपा नेताओं के साथ होली मनाने के मौके पर बोल रहे थे सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में सभी भाजपा नेता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगें उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास योजनाएं दी हैं सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आज शाम तक आचार संहिता जारी करेगी निर्वाचन आयोग ने चुनावों से पहले सोशल मीडिया के उपयोग पर कल नई दिल्ली में इन संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोशल मीडिया संगठनों से चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता की तर्ज पर एक आचार संहिता तैयार करने को कहा है उन्होंने आदर्श आचार संहिता को अद्वितीय और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल इसका अनुपालन करते हैं चुनाव जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदाओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है इसी कड़ी में मंडी जिले में सप्रेम अभियान के तहत घर घर जाकर मतदाता पंजीकरण तय बनाने का काम किया जाएगा अभियान के संबंध में कल मंडी अधिकारियों के साथ एक बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने ये जानकारी दी

इधर कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार और आई जी अतुल फुलझेले सहित अन्य अधिकारियों ने नूरपुर इंदौरा ज्वाली और फतेहरपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम व मतगणना केन्द्रों का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया

इधर नाहन में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन कर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारी शशांक गुप्ता ने युवाओं को मतदान के महत्व पर जागरूक किया

मुख्य सचिव बी के अग्रवाल ने मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना कर इसका विधिवत शुभारंभ किया इस मौके उन्होंने लोगों से आधुनिकता के इस दौर में भी संस्कृति व परम्पराओं के संरक्षण व संर्वधन का आहवान किया बाद में मुख्य सचिव ने मेला मैदान में विभिन्न स्टॉलों का उदघाटन व अवलोकन भी किया मौसम प्रदेश में दो दिन मौसम साफ रहने के बाद आज मौसम ने करवट ली है और अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि कुछ इलाकों में वर्षा हो रही है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में रूक रूककर हल्की वर्षा हो रही है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों और आरटीओ द्वारा रिश्वत दिए जाने को प्रमुखता दी है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है मंडी सीट पर भाजपा का घमासान जारी सांसद रामस्वरूप खुशाल और महेश्वर सीएम से मिले अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है केंद्र में पुनः सत्तासीन होगी भाजपा प्रदेश में भारी बहुमत से चारों लोकसभा सीटें जीतेगी आपका फैसला के शब्द हैं कांग्रेस से जो भी सामने आएगा चारों खाने चित होगा

दिव्य हिमाचल का कहना है उना में आरटीओ ने केस कमजोर करने को लगाया जोर विजीलेंस ने रंगे हाथ दबोचा

चुनावों में हो सकते हैं तबादले सरकार ने तैयार किया पैनल शीर्षक से दैनिक भारकर ने लिखा है इसमें चार आईएएस व चार एचएएस अफसर शामिल जेई परीक्षा में गैर हिमाचली भर्ती करने पर रिपोर्ट तलब शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है सरकार ने दिए भर्ती प्रक्रिया फिलहाल होल्ड करने के निर्देश हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है सभी ट्रक धारकों को समान काम विभाजित करने के आदेश दिव्य हिमाचल के शब्द हैं परवाणु में प्रशासनिक समिति दौड़ाएगी ट्रक